कांगड़ा चंबा और कुल्लू ज़िलों में वर्षा से संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है कांगड़ा जिले में मंडी पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग भूस्खलन से अवरूद्व हो गया है और नदी नाले उफान पर हैं पालमपुर के ऊपरी इलाकों में बीती रात भारी वर्षा से न्यूगल नदी का जलस्तर बढ़ गया है और सौरव वन विहार में फिर से पानी घुसने से भारी नुकसान हुआ है कांगड़ा जिला प्रशासन ने लोगों से न्यूगल खड़ड सहित अन्य नदी नालों के समीप न जाने की सलाह दी है उधर चंबा ज़िले में भी बीती रात से हो रही भारी वर्षा ने काफी तबाही मचाई है चंबा पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग कई स्थानों पर ल्हासे गिरने से अवरूद्व है

बड़ाग्रां नाला में अचानक बाढ़ आने से दो लोग फंस गए थे जिन्हें पुलिस व होमगार्ड के जवानों ने कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला राजधानी शिमला सहित राज्य के अन्य स्थानों पर भी बीती रात से वर्षा का कम जारी है जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की नीतियों व कार्यकर्मो को प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचाने का आहवान किया है शिमला में आज उनसे मिलने आए मंडी ज़िले के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के गतिशील नेतृत्व में पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है

पर्यटन विकास को लेकर शिमला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पर्यटन के विकास से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे जयराम ठाकर ने कहा कि मंडी जिले के जंजैहली को ईको पर्यटन कांगड़ा के बीड़ बीलिंग को पैरा ग्लाइडिंग पौंग डैम को जल कीड़ाओं और शिमला ज़िले के चांशल क्षेत्र को शीतकालीन खेलों व स्कीईग के रूप में विकसित किया जाएगा

इन मैदानों में युवाओं को जिम की सुविधा भी उपलब्ध होगी

नीलम शर्मा डीडीन्यूज़ की वरिष्ठ एंकर नीलम शर्मा का आज नई दिल्ली में आकरिमक निधन हो गया

नीलम शर्मा पिछले कुछ समय से कैंसर से पीड़ित थीं वे मूल रूप से हमीरपुर ज़िले में भोरंज विधानसभा क्षेत्र के भलवाणी गांव की रहने वाली थीं उन्होंने तेजस्विनी व बड़ी चर्चा जैसे अनेक लोकप्रिय कार्यक्रमों का संचालन किया और उन्हें नारी शक्ति सम्मान सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था प्रसार भारती के अध्यक्ष एसूर्य प्रकाश ने नीलम शर्मा के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख जताया है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे खर्चों को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है प्रदेश पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर बढ़ रहे कर्जे पर चिंता जताते हुए सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है